सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें

लोकसभा उपचुनाव आंध्र प्रदेश में तिरूपतिए कर्नाटक में बेलगामए तमिलनाडू में कन्याक्मारी और केरल में मलप्प्रम लोकसभा सीट के उपच्नाव की मतगणना जारी है

निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयोग ने कोविड महामारी के मद्देनजर मतगणना वाले राज्यों के म्ख्य सचिवों से कहा है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में विजय जूल्सों को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाएं जिन राज्यों में मतगणना जारी है वहां पार्टी की जीत का जश्न मनाने के लिए लोगों के इकट्टे होने की खबरों के बाद यह कदम उठाया गया है राहल कोविड कांग्रेस नेता राहल गांधी ने देश में कोविड महामारी की मौजूदा स्थिति से निपटने के तरीके पर सरकार की आलोचना की है एक समाचार एजेंसी से साक्षात्कार में श्री गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया कि उसने कोविड स्थिति पर वैज्ञानिकों सहित चेतावनी के सभी आरंभिक संकेतों की अनदेखी की उन्होंने कहा कि कांग्रेस कोरोना वायरस से लडाई में सरकार के साथ काम करने की इच्छक है विदेश सहायता कोविड के इलाज़ के लिए भारत को विदेशों से लगातार दवाएंए चिकित्सा उपकरण और ऑक्सीजन मिल रहे हैं कल रात अमरीका से एक और विमान एक हज़ार ऑक्सीजन सिलेंडरए रेग्यूलेटर और अन्य ज़रुरी सामान लेकर भारत पहंचा इससे इलाज़ के लिए देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ी है कल रात उज़्बेकिस्तान से भी ऑक्सीजन कांसेंट्रेटर और अन्य चिकित्सा उपकरणों को लेकर एक विमान भारत पहंचा

विदेश मंत्रालय ने इस सहयोग के लिए अमरीका और उज़्बेकिस्तान की सरकारों को धन्यवाद दिया है

आकाशवाणी से चनाव परिणाम आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग चार राज्यों और एक केन्द्रशासित प्रदेश के विधानसभा च्नाव परिणामों पर आज रात सवा नौ बजे पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा परिचर्चा में जाने माने विशेषज्ञों च्नाव परिणामों का विश्लेषण करेंगे और नतीजों पर नेताओं की प्रतिक्रिया भी उपलब्ध रहेगी कार्यक्रम आकाशवाणी के एफ एम गोल्ड चैनल और अन्य फ्रीक्वेंसियों पर रात सवा नौ बजे से प्रसारित होगा यह विशेष परिचर्चा हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट कॉम और हमारे यू ट्यूब चैनल न्यूज ऑन ए आई आर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगी

पहली खेप के रूप में डेढ लाख टीके भारत पहंचे हैं ये कोच दिल्लीए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में लगाए गए है